आज ही के दिन उन्नीस सौ उन्वास में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया इसे छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास से लागू किया गया इस अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है और नागरिकों को अधिकारों के बारे में सोचते समय कर्तव्यों का भी सोचना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने जो सम्मान और मूल्य अर्जित किया है उसके लिए सभी देशवासी बधाई के पात्र हैं

भारतीय संविधान की शक्ति और समग्रता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमे नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है यही हमारे संविधान की खूबी भी है आज के इस अवसर पर बीते सात दशक में संविधान की भावना को अक्षण्य रखने वाली विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं नमन करता हूं

हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना गाइडिंग लाइक माना संविधान दिवस पर आज लखनऊ में प्रदेश विधानमंडल का एकदिवसीय विशेष सत्र जारी है दोनों सदनों के इस संयुक्त सत्र का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संबोधन के साथ हुआ राज्यपाल ने कहा कि संविधान ने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार न दिए होते तो आज हम सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाते हमारा संविधान लोकतंत्र की संकल्पना पर आधारित है जहां समी को समान अवसर उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि संक्षिान में दिए गए मौलिक अधिकार और हमारे कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है राज्यपाल ने संक्षिान के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सरकारों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया और विवरण हमारे संवाददाता से कानून निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके विचारों पर विचार विमर्श कर रहे हैं विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यह हमारे संविधान में लिखित अधिकारों के द्वारा ही संभव है कि नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं इससे पहले सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हजरतगंज जी पी ओ स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्कूलों कालेजों और विश्वविद्यालयों में बाबा साहब का संविधान में योगदान पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं विधानसभा के प्रांगण में संविधान के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती हुई एक विशाल प्रदर्शनी लगी हुई है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ विपक्षी दलों में से समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों ने भी विधानमण्डल के इस विशेष सत्र में भाग लिया जबकि कांग्रेस ने विशेष सत्र की कार्यवाही का बहिष्कार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानमण्डल के विशेष सत्र के दौरान अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार दिजलीकर्मियों की भविष्य निधि के निवेश में हुए घोटाले की भरपाई इसके दोषियों से करेगी उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देगी जो भी इस घोटाले में लिप्त होगा उसकी सम्पत्ति जब्त करके हर एक कर्मचारी की पाई पाई लौटायी जाएगी संविधान दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संगोष्ठी एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय सेवा के कार्य से जुड़ने का संकल्प लिया गोरखपुर कुशीनगर अयोध्या मऊ बलिया बलरामपुर मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया और कर्मचारियों को संविधान के प्रति आस्था की शपथ दिलायी गयी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा है कि बोर्ड अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा बोर्ड की आज हुई बैठक में आम सहमति से यह निर्णय लिया गया बोर्ड अयोध्या में कहीं और मस्जिद बनाने के लिये पांच एकड़ जमीन लेने या नहीं लेने पर अमी कोई निर्णय नहीं कर सका है जुफर फारूकी ने कहा कि बोर्ड की बैठक में आज आठ में से सात सदस्यों ने हिस्सा लिया इनमें से छह सदस्यों ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती न देने के प्रस्ताव का समर्थन किया